प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों द्वारा अनलॉक के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों में लापरवाही बरतने पर चिंता जताई है राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस समय और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है उन्होंने कहा कि विशेषकर कंटेनमेंट जोन में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को टोकना होगा रोकना होगा और समझाना होगा बाइट देश में अनलॉक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने राष्ट्र को संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार आगामी नवम्बर महीन तक करने की घोषणा कर दी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि कोई भी गरीब ऐसा न रहे जिसके घर में चूल्हा न जले

प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी मौसम में कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत काम की सुस्ती रहती है ऐसे में लोगों के हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार आगामी नवम्बर महीने तक किया जा रहा है

इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल एप हैं सरकार ने जिन एप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसमें टिक टॉक शेयर इट वी चौट एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य सम्मिलित हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये एप देश की संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है आईटी मंत्रालय ने कल जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉइड और आई ओ एस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं वक्तव्य में कहा गया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है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

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुन्देलखंड के तीन जनपदों झांसी ललितपुर और महोबा के लिये जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दो हजार एक सौ पिच्चासी करोड़ रूपये की बारह ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शुभारम्भ कर दिया जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर जल के अन्तर्गत झांसी के चिरगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो साल में यहां हर घर को पानी उपलब्ध हो जायेगा बाइट हम लोगों ने पहले चरण के इन तीन जनपदों में पाइप पेय जल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहा पर शुभारम्भ करने जा रहे है यानी इनका कार्य यहां पर प्रारम्भ होने जा रहा है और आगामी दो वर्ष के अन्दर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री मोदी जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके दो वर्ष के अन्दर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जायेगी मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का आग्रह किया बाइट कोरोना के संक्रमण से बचने स्वयं बचे और दूसरों को बचाये स्वयं बचे का मतलब पहले तो स्वयं भी इस संक्रमण से बचे और दूसरा बचाने का उपाय बुजुर्ग है कई बीमारियों से पीड़ित है कमजोर लोग है गर्भवती महिलाएं है बच्चे है आवश्यक नहीं है तो घर के बाहर न निकले

समय समय किसी चीज को छूते है तो हाथ साफ जरूर करे सेनिटाइजर का प्रयोग करे हर हाल में संक्रमण की चेन को रोकना बीमारी को छुपाना नहीं शासन ने जहां पर कोरोना हास्पिटल बनाये हैं वहां पर जाकर के उपचार करा लेना कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भाजपा प्रदश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री सांसद और विधायक मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लिये दो हजार अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक की छियानवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इनमें से सोलह सौ अड़सठ करोड़ से अधिक रूपये की लागत वाली उन्यासी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया जिनमें साठ नदी सेतु और उन्नीस रेल उपरगामी सेतु शामिल है

उन्होंने कहा कि विकास कार्यो में प्रदेश में कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है आज लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं में आगरा मंडल की पांच अयोध्या बस्ती और प्रयागराज की छह छह बरेली की ग्यारह परियोजनाएं शामिल है भाजपा के डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने उनके संसदीय क्षेत्र में इन परियोजनाओं का स्वागत करते हुए आभार जताया है केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्व ढंग से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बलो हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रि कालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अतिरिक्त बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा दिशा निर्देश के अनुसार क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पाँच से अधिक लोग रह सकते हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतराष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी